मतदान की प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू हई जो शाम पांच बजे तक जारी रही

लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला जनपद पौड़ी के पांच विकासखंडों द्गड्डा द्वारीखाल जयहरीखाल एकेश्वर और यमकेश्वर में लोगों ने बढ़चढ़ कर अपने मत का इस्तेमाल किया इस अवसर पर मतदाताओं ने उम्मीद जताई की जो भी प्रत्याशी जीत दर्ज करे वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को समझें और उनका समाधान करे वहीं अल्मोड़ा के चार विकासखंडों में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ दूसरे चरण में भैसियाछाना ताड़ीखेत द्वाराहाट और चौखुटिया में मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया भैंसियाछाना ब्लॉक में दीपक सिंह बिष्ट ने दिव्यांग होने के बावजूद भी अपना वोट डाला दीपक को उसके परिजन घर से कंधे पर उठाकर मतदान केन्द्र लाये जहां दीपक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इसके अलावा अन्य लोग भी मतदान को लेकर काफी उत्साहित नजर आए

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज हिन्डन एयरपोर्ट पर हिन्डन पिथौरागढ़ हिन्डन हवाई सेवा का औपचारिक शुभारम्भ किया गाजियाबाद से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पिथौरागढ़ के अलावा अल्मोड़ा चम्पावत और बागेश्वर से देश की राजधानी तक पहुंचने में समय की काफी बचत होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से पिथौरागढ़ तक सड़क मार्ग से जाने में काफी समय लगता था जो मंहगा भी था इस हवाई सेवा के शुरू होने से समय की बचत होगी और आर्थिक दृष्टि से भी लोगों को फायदा होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ सीमान्त जनपद होने के कारण यह हवाई सेवा सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है वहीं आपदा के दौरान कम समय में दूरस्थ क्षेत्रों से हायर सेंटर तक पहुंचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवाएं बहुत जरूरी हैं कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को भी इस हवाई सेवा से लाभ मिलेगा

कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य वन्यजीव संरक्षक और डीएफओ से पूछा है कि हाथियों को हाईवे पर आने से रोकने के लिए मिर्च खिलाने फायरिंग और पटाखे फोड़ने जैसे पशु क्ररता भरे कृत्य करने की अनुमति उन्हें किसने दी है

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई

मोहान क्षेत्र में निर्माण होने और रात में वाहनों की आवाजाही से हाथियों को कोसी नदी तक पहुंचने में बाधा हो रही है इसके अलावा रात में होने वाली शादियों और पार्टी के शोरगुल से वन्यजीवों को परेशानी हो रही है संस्था ने वन विभाग पर जंगलों में मानव दखलंदाजी को रोकने की बजाए हाथियों को हाईवे पर आने से रोकने के लिए मिर्च पाउडर और पटाखों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है संस्था का कहना है कि इससे इन हाथियों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और वे हिंसक हो रहे हैं

इस योजना का उद्देश्य बिना किसी खर्च के सभी माताओं और नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार विश्व स्वास्थ्य मानक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हैं चिकित्सा शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराने के लिए नीतियां तैयार की गई हैं

कार्यक्रम में बालिकाओं को बताया गया कि महिलाएं समाज की नींव है महिला सशक्तीकरण के लिए देश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ प्रत्येक महिला तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है इस मौके पर उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि समाज को बेटियों के प्रति अपनी विकृत मानसिकता को त्यागकर बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा वहीं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने कहा कि वर्तमान में बेटियों का लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है जिसे रोकना सभी का कर्तव्य है उन्होंने राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किशोरियों के लिए पोषाहार बहुत जरूरी है इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए पोषक आहार का सेवन करना चाहिए ताकि मां और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहें उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषक आहार वितरित किया जाता है महिलाओं को सरकार की ओर से शुरू की गई इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए केदारनाथ की स्मृति केदारनाथ आने वाले देश विदेश के यात्रियों के लिए स्मृति के रूप में धाम की प्रतिकृति तैयार की जा रही है प्रतिकृति को तैयार करने वाली स्थानीय ग्रामीण संगठनों की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके

इस दौरान उन्हें केदारनाथ धाम की प्रतिकृति की पेटिंग और ऐंपण बनाने की जानकारी दी गई श्री केदारनाथ मंदिर की यह प्रतिकृति मन्दिर की संरचना और प्रसिद्ध क्माऊंनी कला ऐपण का मिश्रण है ऐपण कुमाऊं की एक प्रसिद्ध पारम्परिक कला है इसका सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है वर्तमान में हेलीपैड के आसपास यात्रियों के लिए धाम की प्रतिकृति रखी गयी है जिसे वे अपने साथ ले जा सकते हैं भविष्य में प्रतिकृति को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराये जाने की योजना है

खेल महाकुंभ को लेकर देहरादून में राज्य स्तरीय आयोजन समिति की बैठक हुई बैठक में युवा कल्याण व खेल सचिव बृजेश कुमार सन्त ने बताया कि खेल महाकुंभ क्रमशः न्याय पंचायत स्तर ब्लाक स्तर जिला स्तर और अन्त में राज्य स्तर पर किया जायेगा महाकुम्भ में इस वर्ष दो लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे दिव्यांगजन के खेल आयोजन केवल राज्य स्तर पर होंगे महिला वर्ग के खेल जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगे

तैराकी तीरंदाजी और तलवारबाजी को पहली बार रखा गया है जिनका आयोजन राज्यस्तर पर होगा जागेश्वर महोत्सव अल्मोड़ा में कल से जागेश्वर महोत्सव शुरू हो रहा है

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कल शान्तिकृंज हरिद्वार से आये योग प्रशिक्षकों द्वारा ध्यान और योग कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इसके बाद जागेश्वर मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जिलास्तरीय सामान्य ज्ञान योगा डान्स प्रतियोगिता वाद विवाद और खो खो प्रतियोगिताएं करायी जाएंगी इसके अलावा कलाकारों द्वारा कुमाऊंनी और गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जायेंगे